आज इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने ये आदेश दिया

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने इसका उद्घाटन किया आयोजन का उददेश्य स्मार्टसिटी सेक्टर में हो रहे कार्यो को सामने लाकर नई तकनीकों का लाभ उठाना संवाद करना और नेटवर्किंग को बढ़ाना है

श्री शाह जयपुर के पास धानक्या गांव में राजस्थान धरोहर संरक्षण तथा प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा बनाए गए पंडित दीनदयाल स्मारक का उद्घाटन करेंगे

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये जानकारी दी

उन्होंने कहा कि इस संस्थान में अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध केंद्र प्रयोगशाला पुस्तकालय और प्राथमिक से उच्च शिक्षा के साथ खेलकूद जैसी आधुनिक सुविधाए तैयार की जायेंगी

श्री मोदी ने एक टवीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव देने का आग्रह किया

काजरी ने हर खेत से सौर ऊर्जा पैदा करने और उपयोग में लेने का मॉडल विकसित किया है साथ ही देशभर में हर साल जलाई जाने वाली मिलियन टन पराली को अवायवीय परिस्थितियों में जलाकर ऊर्जा उत्पादन करने और कचरे को खाद के रूप में उपयोग करने की तकनीक विकसित की है इन मॉडल का प्रदर्शन काजरी निदेशक डॉ ओपी यादव ने कल दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी में किया अकादमी आवश्यकतानुसार पॉलिसी बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी जिसे स्किल इंडिया जैसे भिशन की मदद से लागू किया जा सकेगा

सबसे पहले पूर्वी जोन का प्लान बना है इसके साथ ही तीन अन्य जोन का ड्राफ्ट भी जल्द तैयार होगा इसके बाद सभी से आपत्तियां मांगी जाएंगी

कल से शुरू हुए उत्सव में पहले दिन अरूणाचल प्रदेश त्रिपुरा मिजोरम नागालैंड मणिपुर असम और मेघालय के लोक कलाकारों ने अपने प्रदेश की सांस्कृतिक झलक पेश की